हालांकि अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है छिटपुट माओवादी घटनाओं को छोड़कर आम तौर पर शांतिपूर्ण रहा मतदान

बस्तर मतदान लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के बीस राज्यों की इंक्यानवे लोकसभा सीटों के साथ ही छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट के लिए आज मतदान हुआ लोकतंत्र के इस महा त्यौहार में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया शाम पांच बजे तक हुए मतदान में करीब पचास प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा वोट डाले जाने की खबर है अंतिम आंकड़े अभी आना बाकी है आज बस्तर लोकसभा के चार विधानसभा क्षेत्रों दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर और कोंटा में मतदान सुबह सात बजे से शुरू हुआ जो दोपहर तीन बजे तक चला वहीं शेष चार विधानसभा क्षेत्रों कोंडागांव जगदलपुर बस्तर और चित्रकोट में शाम पांच बजे तक वोट डाले गए आज हए मतदान के बाद बस्तर लोकसभा सीट के सात उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है इनमें कांग्रेस से दीपक बैज भाजपा से बैद्राम कश्यप बसपा से आयतुराम मंडावी सीपीआई से रामूराम मौर्य अंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया से मनीष प्रसाद नाग अखिल भारतीय समग्र क्रांति पार्टी से मंगलाराम कर्मा और शिवसेना से सुरेश उर्फ सरगीम कवासी शामिल हैं आज बस्तर क्षेत्र के अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में मतदान हुआ छिटपुट माओवादी घटनाओं के बावजूद इन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की लंबी कतारे देखी गई नारायणपुर के दंडवन स्थित शासकीय प्राथमिक शाला मतदान केन्द्र में पुरूष और महिला मतदाता बड़ी संख्या में बिना डर और भय के मतदान करने पहुंचे वहीं दो दिन पहले दंतेवाड़ा के कुआकोंडा के श्यामगिरी में माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट के बाद भी ग्रामीणों ने आज बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का उपयोग किया इस विस्फोट में शहीद भाजपा विधायक भीमा मंडावी के परिजनों ने भी आज मतदान किया आज हए मतदान में सांसद दिनेश कश्यप कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज और भाजपा प्रत्याशी बैद्राम कश्यप पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने अपने अपने मतदान केन्द्रों में वोट डाले वहीं प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने भी अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथों में मतदान किया दोरनापाल में एक सौ दो साल की बुजुर्ग महिला ने भी लोकतंत्र के इस महा त्यौहार में हिस्सा लिया वहीं केशकाल के भानपुरी में दिव्यांग मंतूराम ने वोट देकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया माओवादी चुनाव प्रभावित बस्तर संसदीय क्षेत्र में आज माओवादियों द्वारा कई स्थानों पर मतदान को प्रभावित करने की नाकाम कोशिश की गई लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते माओवादियों के सारे प्रयास विफल रहे

नारायणपुर जिले में मतदान के बाद वापस लौट रहे मतदान दलों पर माओवादियों ने फायरिंग की सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की करीब दस मिनट तक चली इस मुठभेड़ के बाद माओवादी भाग निकले यह घटना नारायणपुर जिले के अब्झमाड़ के ओरछा इलाके की है इस घटना में एक आरक्षक घायल हुआ है वहीं बाद में इलाके की तलाशी के दौरान एक माओवादी का शव बरामद किया गया साथ ही घटनास्थल से एक देशी पिस्तौल और अन्य सामान भी बरामद हुआ है इससे पहले इसी जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा बारूदी सुरंग का विस्फोट किया गया इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है वहीं कोंडागांव जिले में मर्दापाल के रकसमेटा में माओवादियों ने सड़क पर पत्थर रखकर मार्ग अवरूद्व करने का प्रयास किया इन घटनाओं का मतदान प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इस बीच बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने चार माओवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है

आज विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चुनावी सभाएं लीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज महासमुंद और दुर्ग जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री सिंह ने दो दिन पहले माओवादी हमले में शहीद हुए भाजपा के विधायक भीमा मंडावी और चार जवानों को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि परिवर्तन को लोकतांत्रिक प्रकिया से ही लाया जा सकता है बंदूक से नहीं वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्ध ने बिलासपुर के चकरभाटा और अन्य स्थानों में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा के नवागढ़ पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर के पक्ष में प्रचार किया इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साह कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और जल संसाधन मंत्री रूद्र कुमार गुरू भी मौजूद थे इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ के पास बाजारअतरिया में चुनावी सभा को संबोधित किया निर्वाचन आयोग जब्त निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद देश भर में तेईस अरब पच्यासी करोड़ रूपये मूल्य की अवैध शराब मादक वस्तुएं सोना और बिना हिसाब वाली नकदी बरामद की है

निर्वाचन आयोग के वक्तव्य में कहा गया है कि देश भर में करीब पांच अरब पचहत्तर करोड़ रूपये की बिना हिसाब की नकदी जब्त की गई है संक्षिप्त समाचार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए कल अंबिकापुर आना प्रस्तावित है पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरसी पटेल का आज रायपुर में निधन हो गया